उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के खुलने से प्रदेश के युवाओं को उनके बेहतर भविष्य के लिए अधिक अवसर मिलेंगे और वे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है वह कल कांगड़ा ज़िला के लंज में आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लंज की रोगी कल्याण समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं सरवीण चौधरी ने बाद में लपियाणा में गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी कनैक्शन और गैस चूल्हे भी बांटे हुड़ताल प्रदेश के कई जिलों में दो दिनों से चल रही निजी बस संचालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है कल देर शाम मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्ता के बाद निजी बस संचालकों ने अगली कैबिनेट बैठक तक हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है ऐसे में आज से प्रदेश भर में निजी बसे चलना शुरू हो गई हैं किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर निजी बस संचालक बीते सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे हालांकि राजधानी शिमला के निजी बस संचालकों ने हड़ताल से किनारा कर बीते कल ही बसें चलाना शुरू कर दी थीं डाक विमाग आघार डाक विमाग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुक करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है लेकिन यह पहचान दस्तावेजों का एक विकल्प है विमाग ने एक बयान में कहा है कि देश के मौजूदा नियमों के अनुसार आधार बुर्किंग के समय प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज नहीं है हालांकि सुरक्षा और संरक्षा कारणों से कोई पहचान सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने निजी बस संचालकों की हड़ताल और कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है आश्वासन के बाद यूनियन दोफाड़ आठ जिलों में नहीं दौड़ीं निजी बसें

दिव्य हिमाचल लिखता है निजी बसों की हड़ताल खत्म मुख्यमंत्री जयराम के साथ निजी बस ऑपरेटर्ज संघ की बैठक में बनी सहमति दैनिक जागरण का शीर्षक है हड़ताल समाप्त आज से दौड़ेंगी निजी बसें

भर्ती घोटाले में फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर अमर उजाला ने सुर्खी दी है कर्मचारी चयन आयोग का पूर्व चेयरमैन कटवाल ऊना में धरा पंजाब केसरी ने लिखा है अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कटवाल गिरफ्तार

दैनिक भास्कर के मुताबिक भगौड़े कटवाल को विजिलेंस ने ऊना से किया गिरफ्तार अजीत समाचार का कहना है एसएम कटवाल ऊना से गिरफ्तार दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल के सोलर पार्क को पावर ग्रिड की हरी इांडी लाहौल में बिछेगी ट्रांसमिशन लाइन अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में पेट्रोल डीजल होगा सस्ता कम करेंगे वैट जनरल कोटे से सीटें मरने पर हड़कंप नियुक्ति रोकी शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है जेबीटी बैचवाइज भर्ती में पांच जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों का कारनामा आरक्षित श्रेणी की तय सीटों से अधिक कर दिए भर्ती जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं जनरल की सीटें रिजर्व को देने पर रोक

दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है हिमाचल में कीटनाशकों पर अनुदान बंद आपका फैसला लिखता है राज्य सहकारी बैंक में करोड़ों का फर्जीबाड़ा निदेशक मंडल की बैठक में सामने आया घोटाला

दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय दंडवत प्रार्थना का कसूर में प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मददेनजर सड़कों पर गति नियंत्रण के लिए मानक लागू करने की सलाह दी है